कुछ दिन पहले पर्यटकों को घाटी में आने की छूट देने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य प्रशासन ने यह कदम उठाया है घाटी में स्कूल और कॉलेज पहले ही खुल चुके हैं तथा लैंडलाइन फोन सेवा पूरी तरह काम कर रही है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले की दिन प्रतिदिन की सुनवाई छह अगस्त को शुरू की थी

इसी दिन प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं

सम्मेलन में एकीकृत इलेक्टॉनिक प्रणाली के लिए राज्य के संबंधित विभागों और अन्य एजेंसियों के साथ समझौते किए जाएंगे फास्ट टैग को जीएसटी इलेक्टॉनिक बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए एक अन्य समझौता भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड तथा वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के बीच होगा

वे अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प और उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा से भी बहुत आगे हैं प्रधानमंत्री ट्वीटर पर भी सर्वाधिक फॉलो होने वाले नेताओं में हैं

यह जानकारी उन्होंने जोधपुर दौरे के दौरान दी

खींवसर में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हरेन्द्र मिर्धा अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे है वहीं उनके सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा के सहयोगी दल आरएलपी प्रत्याशी नारायण बेनीवाल के समर्थन मे सांसद हनुमान बेनीवाल प्रचार कर रहे हैं जबकि मंडावा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक रीटा चौधरी और भाजपा उम्मीदवार सुशीला सीगड़ा भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए है दोनों पार्टियां इन क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों के जरिये मतदाताओं को रीझाने के प्रयास कर रही है

यहां लगाये गये कर्फ्यू में आज दस घंटे की ढील दी जा रही है

इधर हनुमानगढ जिले के धन्नासर गांव के पास सड़क किनारे खडे एक ट्रक से जीप की टक्कर हो गई